सोलन ज़िला के चंबाघाट स्थित मशरूम उत्पादन केन्द्र का आज निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाए शुरू की गई हैं उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी बंडारू दत्तात्रेय ने वैज्ञानिकों को खुम्ब की नई किस्मों व इनके उत्पादन के बारे में किसानों तक जानकारी पहंचाने के निर्देश दिए ताकि वे लाभान्वित हो सके राज्यपाल ने किसानों को मशरूम की औषधीय किस्मों के ॅ उत्पादन के लिए प्रेरित करने पर भी बल दिया उन्होंने उत्पादन केन्द्र का निरीक्षण करने के दौरान वैज्ञानिकों से खुम्ब उत्पादन की नई तकनीक और उसके लाभ के बारे में जानकारी हासिल की बाद में राज्यपाल ने सोलन के सबाथ के समीप कटनी स्थित ध्यानयोग आश्रम का दौरा कर वहां औषधीय उत्पादों व गौ सदन का निरीक्षण भी किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर इन दिनों दिल्ली प्रवास पर हैं और वहां विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं उन्होंने आज दिल्ली के शक्रबस्ती विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी एससी वत्स के समर्थन में प्रचार करते हुए नुक्कड़ सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस बार अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है और लोग अन्य पार्टियों के बहकावे में नहीं आएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा को पूरा समर्थन मिल रहा है उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के पास केन्द्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और वे सुर्खियों में बने रहने के लिए बेबूनियादी मामलों को उजागर कर रहे हैं जयराम ठाकर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं उन्होंने लोगों से पार्टी के कॉर्यों व नीतियों के आधार पर वोट देने की अपील की इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरस्वती बिहार और पीतमपुरा नई दिल्ली में युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूल करेरी के वार्षिक समारोह में आज ये जानकारी दी

सरवीण चौधरी ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेने का आहवान किया इस अवसर पर उन्होंने विंभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया

हमीरपुर में योजना की ज़िलास्तरीय अभिसरण समिति की बैठक में सभी चयनित पंचायतों द्वारा तैयार ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त हरिकेश मीणा ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि योजना के तहत इन पंचायतों में सड़क पेयजल विद्युत आपूर्ति पाठशालाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण और शौचालयों की मुरम्मत सहित अन्य विकास योजनाएँ तैयार की गई हैं

जनजातीय इलाकों में बर्फबारी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और समूचे प्रदेश में ठंड का जोर बढ़ गया है लाहौल स्पीति जिले में कल रात से बर्फबारी हो रही है जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिले में इस बार बर्फबारी का दौर लम्बा चलने से लोगों के पास अवश्यक वस्तुओं का भंडार भी खत्म होने लगा है किन्नौर जिले में हो रहे हिमपात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है चंबा और कुल्लू जिलों की ऊंची चोटियों पर रूक रूक कर हिमपात से इन इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है बर्फबारी के कारण शिमला का ऊपरी इलाकों से सम्पर्क कट गया है

प्रसिद्ध पर्यटक स्थल क्फरी फागू नारकंडा सहित मशोबरा और खिड़की में ताजा हिमपात होर्ने से यातायात प्रभावित हुआ है प्रशासन द्वारा ऊपरी क्षेत्रों में बंद सड़क मार्गों को खोलने के लिए युद्वस्तर पर कार्य किया जा रहा है